नेपाल में हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी

डेढ़ लाख रूपये रिश्वत लेकर सिक्का लूटेरों को छोड़ने के आरोप में पटना जिले के बेउर थाने के थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर प्रवेश भारती समेत पांच पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है पटना के पुलिस उपमहानिरीक्षक डीआईजी राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार पूलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के साथ आइपीसी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है डीआईजी ने कहा कि आरोपितों में दारोगा सुनील चौधरी सहायक अवर निरीक्षक एएसआइ विनोद राय और होमगार्ड कृष्ण मुरारी और विनोदी शर्मा शामिल हैं सभी बेउर थाने में पदस्थापित थे मामले का जांचकर्ता फुलवारीशरीफ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडेय को बनाया गया है गौरतलब है कि पंद्रह जुलाई की देर रात नौबतपुर थाना क्षेत्र के गोआए गांव के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने कैश मैनेजमेंट कंपनी की पिकअप वैन लूट ली थी जिसमें अठारह लाख इकतालीस हजार रुपये के सिक्के थे नेपाल में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में अधवारा समूह की झीम नदी में पानी आ जाने के कारण कई गांव जलमग्न हो गये जबकि इसी जिले के ढेंग सोनाखान और चंदौली में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रहा है जबकि गंगा बरंडी महानंदा और कारी कोसी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है इसके साथ ही पूर्णिया के सौरा नदी का पानी पूर्णिया शहर में प्रवेश करने लगा है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गयी है इधर मुजफ्फरपुर जिले के निचले शहरी क्षेत्रों में बूढ़ी गंडक का पानी फैल रहा है दरभंगा जिले के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है जबकि मधुबनी की गेहूंआ नदी का पानी नये इलाकों में प्रवेश कर रहा है समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रहा है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने पच्चीस जुलाई तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण राज्य में कल सत्ताईस लोगों की मौत हो गयी सीतामढ़ी और पूर्णिया में सात सात पूर्वी चंपारण और मुधबनी में तीन तीन कटिहार अररिया में दो दो और दरभंगा बेतिया सुपौल में एक एक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एनएच संतावन पर आश्रय लिये बाढ़ पीड़ित परिवार के सात वर्षीय बच्चे को दरभंगा से झंझारपुर जा रहे वाहन ने कुचल दिया जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी उधर नदियों के जलस्तर में कमी के बाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने राहत वितरण को लेकर नराजगी जतायी है पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा और सीतामढ़ी के सुप्पी और प्रपरी में ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया इधर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की हरसंभव सहायता की जायेगी उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में ट्रटी सड़कों का मरम्मत दस दिनों में कर दी जायेगी दरभंगा जिले को बाढ़ से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को तटबंधों की सतत् निगरानी का निर्देश दिया है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री दरभंगा जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे वहीं बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार बाराह और वीरपूर बैराज से कोसी नदी में पानी छोड़ने की मात्रा में वृद्धि हुयी है जबकि ब्रूढ़ी गंडक नदी कल लालबगिया घाट सिकंदरपुर और रोसड़ा में खतरे के निशान से ऊपर थी बागमती नदी डेंग ब्रिज रून्नी सैदपुर बेनीबाद और हायाघाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है जिसमें कमी आने की संभावना है सूजन घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने छह लोगों पर वारंट जारी किया है जिसमें भागलपुर के तत्कालीन उपविकास आयुक्त प्रभात कुमार सिन्हा बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन प्रबंधक नवीन कुमार शाहा तत्कालीन सहायक प्रबंधक संत कूमार सिन्हा अमरेंद्र प्रसाद सूब्रत दास और देवशंकर मिश्रा शामिल हैं सीबीआई ने इन सभी पर आरोप पत्र भी दायर कर दिया है राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर हो जाने से गर्मी और उमस बढ़ती जा रही है जिसके कारण प्रदेश के अधिकतर स्थानों का तापमान सैंतीस डिग्री के आसपास पहुंच गया है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी मॉनसनू का ट्रफलाइन बिकानेर टोंक से लेकर पूर्व मध्य बंगाल के खाड़ी क्षेत्र तक है राज्य के किसी भी हिस्से से मॉनसून ट्रफलाइन अभी नहीं गुजर रही है इस कारण से फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है मौसम विभाग के अनुसार आज स्थानीय कारणों से कुछ स्थानों पर आंशिक बारिश हो सकती है जबकि पटना और गया में बादल छाये रहेंगे वहीं भागलपुर और पूर्णिया में बारिश हो सकती है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को दक्षता परीक्षा देनी होगी राजभवन ने इसके लिये नालंदा खुला विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बनाया है गौरतलब है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में लगभग चार हजार अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं दानापुर रेल मंडल में मेमू ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के मनोरंजन के लिए रेडियो से संगीत सुनाने की तैयारी की जा रही है दानापुर मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य अधिकारी आधार राज ने बताया कि इस मंडल से खुलने वाली सभी तैंतालीस रैकों में रेडियो संगीत की ध्रन बजेगी वाणिज्य अधिकारी ने कहा कि पहले चरण में इस मंडल के दस मेमू रैक में इस सुविधा को उपलब्ध कराया जा रहा है इसके बाद शेष बचे तैंतीस रैकों में भी इसे शुरू किया जाएगा सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी को तीन साल की सजा दी है राजधानी पटना के गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज में खेले गये सब जूनियर कैंडेट और मिनी बिहार तलवारबाजी प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पटना के रोहन कुमार ने जीत लिया है उन्होंने इसी जिले के रोहन द्वितीय को दो के मुकाबले दस अंकों से पराजित किया जबकि मुंगेर के शाहिल और शिवम कुमार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा दो हजार बीस के परीक्षा फॉर्म के भरने की तिथि को एक बार फिर बढ़ाकर पच्चीस जुलाई कर दिया है कृषि विभाग खरीफ फसलों की सिंचाई के लिये किसानों को एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिये पंद्रह सौ रूपये डीजल अनुदान के रूप में देगा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड राज्य के मदरसों में तैंतीस सौ विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति करेगा अररिया जिले में दिल्ली पुलिस ने सोना चोरी के मामले में दो आभूषण विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के पिठौरी गांव के नंनदलाल टोला में भीड़ द्वारा तीन लोगों की हत्या के मामले में मुखिया और सरपंच पर प्राथमिक दर्ज करायी गयी है गया जिले में पुलिस ने गुरपा ओपी क्षेत्र के बरकोल पहाड़ी से इंसास राइफल की एक सौ साठ गोलिया बरामद की है मामले की छानबीन की जा रही है शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के बेलछी स्थित कस्तूरवा गांधी आवासीय विद्यालय की दस छात्राएं विषाक्त भोजन के कारण बीमार हो गयीं जिन्हें स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना जिले के सिक्का लूटकांड मामले को बड़ी खबर बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बेऊर थानेदार समेत पांच गिरफ्तार सस्पेंड दैनिक जागरण की सुर्खी है नगर निकायों में अविश्वास प्रस्ताव हारे तो दोबारा नहीं मिलेगा मौका दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है फागु चौहान बिहार के राज्यपाल यूपी से आने वाले छठे राजनेता

नेपाल में हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी